डीसी संदीप कुमार ने कहा कि यह ट्रेन बरेली शाहजहांपुर गीतापुर ब्रबाल गौंडा तथा गौरखपुर स्टेशनों पर रुकेगी यात्रियों को देखते हुए ट्रेन के स्टॉपेज बढ़ाए भी जा सकते हैं उन्होंने कहा कि जो भी श्रमिक गौरखपुर जाना चाहते हैं वह जल्द से जल्द संबंधित एसडीएम या डीसी कार्यालय में संपर्क करें

जो व्यक्ति मैडीकल स्क्रीनिंग में फिट पाए जाएंगे उन्हीं को जाने की अनुमति दी जाएगी

इसके अलावा यहां की सभी दुकाने भी बंद रहेगी ये आदेश क्षेत्रीय अस्पताल के समीप स्थित दवा की दुकानों और आपातकालीन वाहनों पर लागू नहीं होंगे आदेशों की अवहेलना पर कार्रवाही की जाएगी

इनमे एक कंपनी का उत्पादन लाइसेंस रद्द कर दिया गया है चार मामलों में उत्पाद का दोबारा परीक्षण होना है वहीं चार अन्य मामलों में विभाग की ओर से कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है

सैनिक गलवान में भारत चीन सैनिकों के बीच हुई झड़प में प्रदेश का एक अन्य सैनिक घायल हुआ है ऊना के सैनिक सर्वजीत की सही सूचना न मिलने पर परिवार वालों ने प्रशासन से गुहार लगाई है परिवार वालों को सर्वजीत के साथी जवान से उसके घायल होने की जानकारी मिली है

हालांकि प्रशासन की ओर से एसडीएम डॉ सुरेश जसवाल ने सैनिक के घर जाकर परिजनों से बात की और सैन्य अथॉरिटी से बात कर सर्वजीत का पता लगाने का आश्वासन दिया है

अमर उजाला की सुर्खी है कुल्लू के प्रकाश साइंस सिरमौर की मेघा कॉमर्स शिमला की श्रुति आर्ट्स में टॉपर

दिव्य हिमाचल लिखता है जमा दो में छिहत्तर दशमलव शून्य सात फीसदी पास मेरिट लिस्ट में बच्चियों ने मारी बाजी दैनिक भास्कर का शीर्षक है ऑटो चालक का बेटा नियानवे दशमल चार प्रतिशत अंक लेकर स्टेट टॉपर हिमाचल दस्तक ने लिखा है आईएएस बन देश की सेवा करना चाहते हैं तीनों टॉपर्स

चीन से विवाद में हिमाचल सरताज शीर्षक से दिव्य हिमाचल ने लिखा है स्पीति के लेपचा और किन्नौर के शिपकिला बॉर्डर पर भारत स्ट्रांग इसी समाचार पत्र के मुताबिक लद्दाख संघर्ष में ऊना का एक जवान घायल हिमाचल दस्तक लिखता है हिमाचल ने ई पास से मुक्त किए फौजी चीन से टकराव को देखते हुए राज्य सरकार का फैसला